बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है श्री मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली को सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभायी जिस कारण भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है

साउंड बाईट एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है जब देश के लोग एकजुट हुए अपना दायित्व निभाया तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया साथियों ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा पर ये अपने साथ अवसर भी लाया अवसर चुनौतियों से निपटने का विजयीं बनने का अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का अवसर आत्मनिर्मर बनने का अवसर साधारण से असाधारण असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का

सरकार ने एनसीसी कैडेटों की भूमिका को और व्यापक करने के प्रयास किए हैं

वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही र्ह और जब मै आपसे बात करता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है आप पर भरोसा और मजबूत होता है और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है वहां एन सी सी कैडेट नजर आता है जहां संक्यान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है वहां भी एन सी सी कैंडेट्स दिखते हैं शिक्षा विभाग ने वर्ष दो हजार छह से दो हजार पंद्रह के बीच नियोजित शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाने के लिये अंतिम मौका दिया है विभाग ने वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र के फोल्डर गायब हैं या जिनके प्रमाण पत्रों की जांच अब तक नहीं हो सकी है उन्हें अपना प्रमाण पत्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि जांच एजेंसी इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज डाउनलोड कर आगे की कार्रवाई करेगी जो शिक्षक अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करायेंगे तो यह माना जायेगा कि उनका नियोजन अवैध है ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी और उनसे वेतन की भी वसूली होगी गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो राज्य में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है निगरानी की जांच के दौरान अब तक एक हजार एक सौ बत्तीस प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं और इस मामले में चार सौ उन्नीस प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी हैं राज्य सरकार ने सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान खरीद की समय सीमा इक्कीस फरवरी तक बढ़ा दी है पहले यह समय सीमा इकतीस जनवरी निर्धारित थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कृषि और सहकारिता विभाग की हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया इधर प्रदेश में अब तक बीस लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है कम समय में सबसे अधिक धान का यह रिकार्ड है सरकार ने इस साल के लिये पैंतालीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से अपराधियों ने सैंतालीस लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि चार की संख्या में आये अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया प्रलिस सीसीटीवी फूटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है इधर मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के ड्मरी में अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर तीन लाख अठहत्तर हजार रूपये लूट लिये निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद जिले के गोह के थानाध्यक्ष मनोज कुमार को एक ट्रक चालक से तीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार दारोगा गिट्टी लदे ट्रक को पार करवाने के एवज में घूस ले रहा था निगरानी की टीम गिरफ्तार थानाध्यक्ष को पूछताछ के लिये पटना लायी है लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के रहाटपूर गांव में पूलिस ने छापेमारी कर छह मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि मौके से चौदह पिस्तौल पांच मैंगजीन और कई अर्द्वनिर्मित हथियार के साथ साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चमनचक से एसटीएफ की टीम ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच देशी पिस्तौल दस मैंगजीन और डेढ़ लाख रूपये बरामद किये गये दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रहिंचा गांव से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है दोनों पिता पुत्र बताये जाते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार इकतीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में उनके जदयू में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गयी हैं इससे पूर्व राजकुमार सिंह ने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी से भी भेंट की थी इधर अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार एआईएमएम के पांचों विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है मौके पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है सर्द पछुआ हवा के कारण लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है हालांकि आज दोपहर बाद ध्रप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से पांच से आठ डिग्री सेल्सियस कम रहा मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान ठंड में कमी आयेगी हालांकि कोहरे का असर पूर्व की तरह बना रहेगा

पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा प्रदेश में आज तीन सौ ग्यारह टीकाकरण केन्द्रों पर सोलह हजार नौ सौ तैंतालीस स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके दिये गये अब तक राज्य में एक लाख छह हजार पच्चीस लोगों का टीकाकरण हो चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है

यह अभियान सप्ताह में पांच दिन चलेगा वहीं आठ फरवरी से नौ जिलों में मिशन इंद्रधन्ष के तहत बच्चों के नियमित टीकाकरण का अभियान शुरू होगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज क्मार ने बताया कि भोजपुर पश्चिम चंपारण दरभंगा कटिहार मधुबनी मुजफ्फरपुर पटना समस्तीपुर और शिवहर में बच्चों को टीके लगाये जायेंगे आद्री के निदेशक शैवाल गूप्ता का आज पटना में निधन हो गया वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनका अंतिम संस्कार कल पटना के गुलबी घाट पर सम्पन्न होगा राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य लोगों ने शैवाल गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है भारत और बांग्लोदश के बीच जल्द ही यात्री ट्रेन सेवा की शुरूआत होगी पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के कटिहार मंडल रेल प्रबंधक रवीन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच मौटे तौर पर रेल परिचालन शुरू करने को लेकर सहमति बन गयी है मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि कटिहार रेल मंडल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच पिछले साल सत्रह दिसम्बर से मालगाड़ी का परिचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है रेलवे ने अपने हेल्पलाईन नम्बर एक तीन नौ को नये स्वरूप में पेश किया है अब रेलवे का यही एकमात्र हेल्पलाईन नम्बर होगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस नम्बर पर पूर्व से चली आ रही सुविधाओं के अलावा सुरक्षा सतर्कता विभिन्न प्रकार की शिकायतें और कैटरिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा डाक विभाग ने आज से पटना जीपीओ में मिथिला के प्रसिद्ध मखान के विभिन्न व्यंजनों की बिक्री शुरू की है पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने इसकी विधिवत शुरूआत की उन्होंने बताया कि मखान खीर मखान लावा मखान मिल्कशेक फूल मखान और मखान मिनी मंच समेत पच्चीस से तीस प्रकार के व्यंजनों की बिक्री होगी श्री कुमार ने बताया कि बहुत जल्द प्रदेश के अन्य डाकघरों में भी यह व्यवस्था शुरू की जायेगी

इस अवसर पर स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी उपस्थित रहे वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत भूरहा पत्थर चौक के पास पुलिस ने एक ट्रक से पैंतालीस लाख रूपये मूल्य की पांच सौ तेरह कार्टन शराब बरामद की है